राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित मतदाताओं को वोट डालने के प्रति किया गया जागरूक गणतंत्र दिवस कल शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा राज्यस्तरीय समारोह

राज्यस्तरीय समारोह बिलासपुर जिले के झण्डूता में हुआ जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और पुलिस होमगार्ड्स एनसीसी कैडेट्स एनएसएस स्काउट्स एण्ड गाइड और स्कूली बच्चों की शानदार परेड का निरीक्षण कर सलामी ली

उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा है और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है

शिक्षा के क्षेत्र में भी हिमाचल देशभर में केरल के बाद दूसरे स्थान पर है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल ने बहुत कुछ हासिल किया है और अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की लत पर चिंता जताते हुए कहा कि हिमाचल को नशामुक्त बनाना हम सभी की ज़िम्मेदारी है और सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है

इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग इस मौके मौजूद रहे मतदाता दिवस आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है इस अवसर पर प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर लोकतंत्र में मतदाताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया

राज्यस्तरीय समारोह शिमला में हुआ जिसमें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नए मतदाताओं को दिए गए संदेश को सुनाया गया राज्यपाल ने कहा कि लोकतंत्र में मतदाताओं की अहम भूमिका होती है और मतदाताओं को वोट डालने के प्रति जागरूक करने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर ज़िला स्तर पर भी अनेक कार्यक्रम हुए जिनमें मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया

इसकी अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज भी समारोह में शामिल होंगे गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर समारोह आयोजित किए जाएंगे सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर बिलासपुर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी चम्बा कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा कुल्लू स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ऊना ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर सोलन उद्योग मंत्री विक्रम सिंह हमीरपुर वनमंत्री गोविंद ठाकुर मण्डी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल धर्मशाला और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज नाहन में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे रिकांगपिओ और केलंग में संबंधित जिला उपायुक्त समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे

इसके तुरंत बाद राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित होगा

ग्रामीण क्षेत्रों व गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से ही सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले में वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल संसारपुर टैरेस के वार्षिक समारोह में ये जानकारी दी

बिक्रम ठाकुर ने मेधावी बच्चों को पुरस्कार बांटे